चालीस से अधिक लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इस मामल म मुख्य आरोपी पप्पू जायसवाल समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है बाराबंकी के जिलाधिकारी उदय भानु त्रिपाठी ने आज यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि पैंतीस लोगों का लखनऊ के ट्रामा सेंटर जबकि अन्य कई लोगों का बाराबंकी में उपचार किया जा रहा है जिलाधिकारी ने बताया कि शराब पीने से मरने वाले दो लोगों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों ने पहले ही कर दिया उसकी जांच की जा रही है अन्य मृतकों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है इसमें दो लोगों की बीमारी के कारण मृत्यु होना बताया गया है

मामले की मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश पहले ही दिये जा चुके हैं इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी रामनगर के सीओ एसएचओ और आबकारी निरोक्षक सहित पन्द्रह कर्मचारियों को निलम्बित किया जा चुका है

इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है सरकार ने इस घटना की जांच के लिए आबकारी आयुक्त के नेतृत्व में तीन सदस्यों की एक समिति बनाई है जो अड़तालीस घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी बिम्सटेक के सभी देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की पूष्टि कर दी है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यह जानकारी दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति भवन में कल शाम सात बजे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे सत्रों ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को शपथ ग्रहण समारोह का आमंत्रण भेजा गया है वित्तमंत्रो अरूण जेटली ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें नई सरकार में शामिल न किया जाए

अपने पत्र में जेटली ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए समय की आवश्यकता है अमरीका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भारत के विदेश मंत्री के साथ व्यापक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं विदेश विभाग के प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने पत्रकारों को बताया कि अमरीका को पूरा विश्वास था कि भारत में हाल में हुए चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न होंगे राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प और विदेश मंत्री पोम्पियो सहित अमरीकी प्रशासन ने लोकसभा चुनाव में नरेन्द्र मोदी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैम्पेन चलाकर वेक्टर बार्न डिसोज एईएस एवं जेई पर नियंत्रण किया गया

भारतीय रिजर्व बैंक ने आम लोगों के लिए रियल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस के जरिए पैसा भेजने का समय बढ़ाकर शाम साढ़े चार बजे से छह बजे तक कर दिया है रिजर्व बैंक ने कल मुम्बई में जारी एक अधिसूचना में कहा कि यह व्यवस्था पहली जून से प्रभावी होगी आरटीजीएस में धन का तत्काल अंतरण हो जाता है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

एक आरोपी की मुकदमे के दौरान मौत हो गई पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पूण्यतिथि पर आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धाजलि दे रहा है

इस अवसर पर जारी अपने संदश में राज्यपाल ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जमीन से जूड़े नेता थे उन्होंने सदैव किसानों के हितों की रक्षा के लिये आवाज उठाई उनके प्रयासों से ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इस लक्ष्य को प्राप्त करना ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के प्रति सच्ची श्रद्धाजंलि है

प्रदेश के द दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना चलायी जा रही है

इसके साथ ही दम्पत्ति में कोई भी आयकर दाता नहीं होना चाहिए उन्होंने बताया है कि ऐस दिव्यांग जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो वे इस योजना का लाभ पाने के लिये विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस आज मनाया गया इसका उद्देश्य तीन हजार आठ सौ से अधिक शांति रक्षका को श्रद्धांजलि देना है जिन्होंने शांति रक्षा सेवाओं के दौरान अपनी जान गंवाई इनमें सैनिक और लोक सेवक शामिल हैं पिछले बीस सालों में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अभियानों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा प्रमुख रही है

इस अभियान में सर्वाधिक बल का योगदान देने वाला भारत चौथा दुनिया का सबसे बड़ा देश है वर्तमान में भारत के लगभग छह हजार चार सौ शांति सैनिक विभिन्न शांति अभियानों में अपना योगदान दे रहे हैं

वैश्विक शांति और सुरक्षा में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा का सहयोग अहम है भारतीय लेखिका एनी जैदी को इस वर्ष क नाइन डॉट्स पुरस्कार के लिए चुना गया है मुम्बई निवासी एनी जैदी को उनकी प्रविष्टि ब्रैड सीमेंट कैक्टस के लिए यह प्रस्कार दिया जा रहा है भ्रष्टाचार से निपटने के लिए हाल में बनाई गई संस्था लोकपाल का लोगो और मोटो तैयार करने के लिए प्रतियोगिता आयोजित की गई है

वायुसेना प्रमुख एयरचीफ मार्शल बी एस धनोवा ने आज सशस्त्र सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया इससे पहले यह पद नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा के पास था उच्चतम न्यायालय वस्तु और सेवाकर जीएसटी से बचने वाले लोगों की गिरफ्तारी से सम्बद्ध अधिकारों की समीक्षा करने पर सहमत हो गया है प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की अवकाश पीठ ने केन्द्र को नोटिस जारी कर जीएसटी कानून के तहत गिरफ्तारी के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है